इनमें डॉक्टर चिकित्साकर्मी स्वास्थ्यकर्मी सफाई कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता शामिल है

इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को एक किलो दाल भी म्फ्त दी जाएगी

वरिष्ठ नागरिकों विधवाओं और दिव्यांगजनों को अगले तीन महीनों के दौरान एक एक हजार रूपये की दो किस्तों में अनुदान दिया जाएगा

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वे डॉक्टरों विमान चालक दल के सदस्यों और जरूरी सेवाओं से ज्ड़े कर्मचारियों के साथ क्छ लोगों के द्वर्व्यवहार से बहत व्यथित हैं श्री मोदी ने कहा कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी सीएम लॉकडाउन प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लॉकडाऊन की स्थिति पर म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत लगातार नजर रखे हए हैं म्ख्यमंत्री ने फोन पर जिलाधिकारियों से स्थिति की जानकारी लेते ह्ए लॉकडाऊन को सख्ती से लागू करने के साथ ही आमजन को जीवन के लिए आवश्यक वस्त्ओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि लोगों को भरोसा दिलाया जाए कि किसी आवश्यक वस्त् की कोई कमी नहीं है सभी जिलों में रिटेल स्टोर्स की सूची उपलब्ध कराई जा रही है होम डिलीवरी की व्यवस्था के प्रयास भी किये जा रहे हैं

इससे पैदा होने वाली च्नौतियों का सामना सबसे ज्यादा गरीब असहाय और दिहाड़ी मजदूरों को करना पड़ रहा है पुलिस प्रशासन सामाजिक संस्थानों और आमजन ऐसे ही लोगों की मदद के लिए आगे आये हैं इस महामारी से बचाव के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है राजधानी देहरादून में समाजसेवी और व्यापारी जरूरतमंदों को भोजन पानी चाय नाश्ता बांटने का काम कर रहे हैं रुद्रप्रयाग में पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को भूखे और असहाय लोगों की मदद के निर्देश दिये हैं प्लिसकर्मी अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं उधर ऊधमसिंह नगर प्लिस भी गश्त के दौरान झोपड़ियों में रहने वाले लोगों तक खाना पहंचा रहे हैं

ये सभी मजद्र काम बंद होने पर पैदल अपने अपने घरों को जा रहे थे लॉकडाउन असर नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल ने घरों के पास और मोहल्लों की द्कानों से ही जरूरी सामान खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित किया

बागेश्वर जिले में लॉकडाउन के बीच सैनेटाइजेशन के साथ ही व्यापक स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है नगर पालिका ने सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए द्वकानों के बाहर चूने से मार्किंग की है लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामग्री को गंतव्य तक पहंचाने में आ रही परेशानियों को देखते हए जिलाधिकारी ने आवश्यक सामग्री आपूर्ति करने वाले वाहनों को पास जारी करने के निर्देश दिए हैं जिले के असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों को चिह्नित भी किया जा रहा है जिले में जो मजदूर रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें भी म्ख्यमंत्री राहत मद से खाद्यान्न किट देने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है उधर टिहरी जिले में बाहर से आये लोगों पर नजर रखी जा रही है

डॉक्टर एडवायजरी कोरोना वायरस को हराने का सबसे कारगर तरीका है इससे बचाव जो सिर्फ घर पर रहकर ही किया जा सकता है साधारण सर्दी खांसी और ज्काम जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हो एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर प्रोफेसर रविकांत ने बताया कि वो कौन से लक्षण हैं जब कोरोना का टेस्ट कराया जाना चाहिए

उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का आभार व्यक्त किया है

इसके साथ ही साथ किसानों दिव्यांगों और महिलाओं आदि सभी वर्गो को ध्यान में रखा गया है